प्रधानमंत्री ने वाराणसी के विमिन्न संगठनों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों से वीडियो काफ्रेंसिंग के द्वारा बातचीत की कहा काशी देश के बड़े निर्यात केन्द्र के रूप में उभरकर आत्मनिर्मर भारत के लिए प्रेरणा बन सकता है कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर प्रदेश में आज रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक विभिन्न प्रतिबंध रहेंगे लागू कार्यालय बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन की जांच क्षमता को निरन्तर बढ़ाये जाने के निर्देश दिए लोगों से सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करने और मास्क के उपयोग की अपील की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बेहतर कार्य निष्पादन सुधार और परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और नए आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है उन्होंने कहा कि आज का भारत विकास के लिए मानव केंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण अपना रहा है इंडिया ग्लोबल वीक दो हजार बीस के उद्घाटन के अवसर पर कल श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व के पुनरुत्थान में प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है और दुनिया की भलाई और खुशहाली के लिए आवश्यक समी कार्य करने के लिए तैयार है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऐसे उत्सुक व्यक्तियों का शक्ति केंद्र है जो योगदान करना चाहते हैं और भारतीय स्वाभाविक सुधारक रहे हैं जिन्होंने सामाजिक या आर्थिक चुनौतियों पर सफलता प्राप्त की है श्री मोदी ने कहा कि भारत का लक्ष्य करुणा के साथ पुनरुत्थान करना है जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को स्थिरता प्रदान करता है कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में श्री मोदी ने कहा कि भारत इस दिशा में दृढ़ता के साथ संघर्ष कर रहा है जिसमें लोगों के स्वास्थ्य के साथ अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है इंडिया ग्लोबल वीक तीन दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन है इस दौरान विश्वभर के तीस देशों से करीब पांच हजार प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा है कि काशी को देश के निर्यात केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है और यह आत्मनिर्भर भारत बनाने में प्रेरक बन सकता है वह कल कोविड नाइन्टीन के दौरान किये जा रहे राहत उपायों के बारे में वाराणसी में विभिन्न सामाजिक संगठनों और संस्थानों के प्रतिनिधियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत कर रहे थे मैं हर किसी के काम को आज नमन करता हूं और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तब सिर्फ जानकारी नहीं ले रहा हूं मैं आपसे प्रेरणा ते रहा हूं अधिक काम करने के लिए आप जैसे लोगों ने संकट में काम किये इनके आसीर्वाद ले रहा हूं और मेरी प्रार्थना है कि बाबा और मां अन्नपूर्णामय आपको और सामर्थय दे और शक्ति दे प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी में इस समय आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की परियोजनाएं चल रही हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के हाल के फैसलों के बाद वहां हस्तशिल्प मधुमक्खी पालन डेयरी वस्त्र उद्योग और मछली पालन जैसे क्षेत्रों में नये अवसर पैदा हो रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार कोरोना संकट के दौरान जरूरतमंद लोगों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं से लगभग अस्सी करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं इन योजनाओं के अंतर्गत गरीबों को न केवल मुफ्त राशन दिया जा रहा है बल्कि निःशुल्क गैस सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि बहुत से विशेषज्ञ कोरोना से निपटने में भारत की क्षमताओं पर सवाल उठा रहे थे लेकिन देश ने उन्हें गलत साबित किया उन्होंने विशेषकर उत्तर प्रदेश की उपलधियों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में न केवल कोरोना के फैलने की गति पर रोक लगाई गई है बल्कि वहां रोगियों के स्वस्थ होने की दर भी बहुत अच्छी है प्रधानमंत्री ने वाराणसी में स्वयंसेवी संगठनों के साथ भी बातचीत की कितनी ही बड़ी आपदा क्यों न हो किसी को काशी के लोगों की जीवटता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जो शहर दुनिया को गति देता हो उसके सामने कोरोना क्या चीज है ये आपने दिखा दिया है कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर प्रदेश में आज रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक विभिन्न प्रतिबंध लागू रहेंगे इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं बंद रहेंगी और ब्यौरा हमारे संवाददाता से प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार पूरे प्रदेश में इन प्रतिबंधों के लागू होने के दौरान कोई भी कार्यालय नहीं खुलेगा तथा व्यापारिक गतिविधियां और बाजार बंद रहेंगे हालांकि सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह चलती रहेंगी शहरी क्षेत्रों में लगातार चालू रहने वाली इकाइयों और ग्रामीण इलाकों में चल रही औद्योगिक इकाइयों को छोड़कर पूरे प्रदेश में समी औद्योगिक कामकाज बंद रहेगा रेल और हवाई यातायात के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन और माल की दुलाई पर इन प्रतिबंधों का असर नहीं होगा

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना की जांच क्षमता में लगातार वृद्वि करने के निर्देश देते हुए लोगों से मास्क का उपयोग करने और सामाजिक दूरी अपनाने की फिर से अपील की है श्री योगी कल लखनऊ लोकभवन में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य में टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर चालीस हजार प्रतिदिन किया जाये आरटी पीसीआर विधि से तीस हजार टेस्ट प्रतिदिन और ट्रूनेट तथा एन्टीजन टेस्ट के माध्यम से दस हजार टेस्ट प्रतिदिन किये जायें मुख्यमंत्री ने कानपुर नगर झांसी और वाराणसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मेजने के निर्देश देते हुए कहा कि इन जनपदों में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतना जरूरी है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के एक हजार दो सौ अड़तालीस नये मामले सामने आए हैं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि इस समय राज्य में कोरोना के दस हजार तीन सौ तिहत्तर सक्रिय मामले हैं उन्होंने बताया कि इक्कीस हजार एक सौ सत्ताईस कोरोना के मरीज अब तक ठीक होकर अस्पतालों से छुट्टी पा चुके हैं कोरोना से राज्य में आठ सौ बासठ लोगों की मौत हुई है ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने राज्य के सभी सांसदों विधायकों और ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर विद्युत आपूर्ति में होने वाली लाइन हानियों को कम करने के प्रयासों में मदद का आहवान किया है ग्राम प्रधानों को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वे ग्रामवासियों को समय पर बिजली का बिल जमा करने और बिजली चोरी रोकने के लिए प्रेरित करें उन्होंने कहा कि अगर लाइन लॉस पंद्रह प्रतिशत से कम आता है तो गांव को प्राथमिकता देते हुए चौबीस घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी साथ ही जर्जर तार भी बदले जाएंगे उन्होंने कहा कि बिजली का बिल सीएससी के अलावा वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यूपी एनर्जी डॉट आईएन और मोबाइल ऐप ई निवारण पर भी जमा किया जा सकता है श्री शर्मा ने कहा कि ग्रामवासी बिजली सम्बंधी किसी भी समस्या के निस्तारण के लिए टोल फी नंबर एक नौ एक दो पर फोन कर सकते हैं ऊर्जा मंत्री ने सांसदों और विधायकों से अपने अपने क्षेत्र में दस दस फीडर गोद लेने का आग्रह किया है प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह और पूर्व क्वियायक राणा कृष्ण किंकर सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं उन्होंने कल बसपा प्रमुख मायावती के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण की राजकिशोर सिंह बस्ती जिले की हरैया विधान सभा से तीन बार विधायक रहे हैं वह प्रदेश सरकार में तीन बार मंत्री भी रहे राणा कृष्ण किंकर सिंह कप्तानगंज विधान सभा से लगातार दो बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को कल मध्य प्रदेश के उज्जैन से उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में पुलिस को विकास दुबे की तलाश थी पुलिस ने उसका सुराग देने वाले को पांच लाख रूपये की राशि इनाम के रूप में देने की घोषणा की थी इस बीच सूत्रों ने बताया कि विकास दुबे कल सुबह मंदिर के गेट पर पहुंचा और उसने पुलिस चौकी के पास एक काउंटर से दो सौ पचास रुपये का टिकट भी खरीदा जब वह महाकाल के लिए प्रसाद खरीदने के लिए पास की एक दुकान पर गया तो दुकान के मालिक ने उसे पहचान लिया और पुलिस को सतर्क कर दिया